सैनिक स्कूल तिलैया में नए शैक्षणिक सत्र से पहली बार लड़कियों की पढ़ाई होगी शुरू प्राचार्य ने मुख्यमंत्री से मिलकर सहयोग का किया आग्रह

चतरा पुलिस ने पांच लाख रुपये के इनामी नक्सली को किया गिरफ्तार हथियार भी जब्त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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बहुपक्षीयता की धारणा पर विश्वास करता आया है और समूचे विश्व को अपना परिवार समझता है

उन्होंने कहा कि ब्रिक्स महामारी के वैश्विक प्रकोप के दौरान भी अपनी पूरी रफ्तार से कार्य करता रहा है शिखर सम्मेलन में भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष बनेगा ब्रिक्स के गठन के बाद यह तीसरा अवसर है जब भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हो रहा है

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से आज रांची में सैनिक स्कूल तिलैया के प्राचार्य ग्रप कैप्टन राहल सकलानी ने मुलाकात की उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि इस स्कूल में नए शैक्षणिक सत्र से पहली बार लड़कियों की पढ़ाई शुरू हो रही हैं यहां कक्षा छह में छात्राओं के नामांकन की प्रक्रिया चल रही है श्री सकलानी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि छात्राओं की पढ़ाई को लेकर आधारभूत संरचना को तैयार करने स्कूल में पढ़ रहे झारखंड के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने और कर्मचारियों के देय पेंशन का वहन राज्य सरकार करें इस मौके पर सैनिक स्कूल तिलैया के प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर कुमार हिमांशु शेखर उपस्थित थे मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से रांची में आदिवासी सोशियो एजुकेशनल एंड कल्वरल एसोसिएशन झारखंड के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की

प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड विधानसभा से सरना आदिवासी धर्म कोड पारित कर केंद्र को अनुशंसा भेजने के लिए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की प्रशंसा की इस षिष्टमंडल में एसोसिएषन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र मांडी और महासचिव शंकर सोरेन षामिल थे

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोविड महामारी को देखते हुए अपने पेंशनधारकों को अपने घर के पास ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए अनेक विकल्प दिए हैं इन सभी वैकल्पिक माध्यमों से जमा कराया गया जीवन प्रमाण पत्र समान रूप से वैध होगा

यह प्रमाण पत्र देशभर में फैले सामान्य सेवा केन्द्रों और ईपीएफ पेंशन धारक उमंग ऐप पर जमा कराए जा सकते हैं पंद्रहवें वित्त आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को सौंपी कोविड के दौर में वित्त आयोग शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में अगले पांच वर्षों के दौरान केन्द्र और राज्यों के बीच करों के बँटवारे के अनुपात का उल्लेख है वित्तमंत्री यह रिपोर्ट और इस पर सरकार की कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट संसद में पेश करेंगी

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं

हालांकि विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों की ओर से गाइडलाइन में ढील देने की मांग की गयी है इधर लोक आस्था के इस महान पर्व में लोगों ने चुनौती को अवसर में तब्दील करने की तैयारी कर ली है छठ व्रत में इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए व्रती घरों में ही भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं

स्थानीय दुकानदारों का मानना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार टब की डिमांड काफी अधिक है मात्र छह सौ रुपए से लेकर ढाई हजार रूपए तक के टब बाजार में उपलब्ध है

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप माइ गॉव पर अपने विचार साझा करने को कहा है

रिकार्ड किए गए कुछ संदेश प्रसारित भी किए जा सकते हैं बिहार में मंत्री स्तरीय विभागों का आबंटन कर दिया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह सतर्कता और सामान्य प्रशासन विभाग अपने पास बरकरार रखे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास पहले की तरह ही वित्त स्वास्थ्य कृषि राजस्व और भूमि सुधार जैसे प्रमुख विभाग हैं जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विकास शिक्षा संसदीय मामले जल संसाधन ऊर्जा निषेध आबकारी पंजीकरण और योजना तथा विकास संबंधी विभाग होंगे उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद वित्त वाणिज्य और आपदा प्रबंधन विभाग संभालेंगे इसके अलावा उनके पास शहरी विकास और आवासन विभाग सूचना और प्रौद्योगिकी पर्यावरण विभाग वन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी होंगे उपमुख्यमंत्री रेणु देवी को उद्योग पंचायती राज पिछडा वर्ग तथा अति पिछडा वर्ग कल्याण विभाग मिले हैं गोड़डा जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने बताया कि आगामी एक जनवरी दो हजार इक्कीस को मतदाता बनने वाले लोगों के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रकिया शुरू हो गयी है

चक्रधरपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाथ्राम मीणा ने बताया कि बंदगांव थाना क्षेत्र के टीमडा के पास पीएलएफआई उग्रवादियों का एक दस्ता घ्रमता पाया गया पुलिस को देख कर उग्रवादी वहां से भागने लगे इसी बीच उन्होंने एक कार्बाइन एक डबल बैरल बेद्रक जिंदा कारतूस और मैगजीन समेत कई सामान छोड़ दी पुलिस इलाके में लगातार सर्च ऑपरेषन चला रही है चतरा जिले के अति नक्सल प्रभावित प्रतापपुर थाना क्षेत्र के भंगिया गांव से आज पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के पांच लाख रुपये के इनामी नक्सली सब जोनल कमांडर कष्णा गंजू को गिरफ्तार कर लिया

उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है उन्होंने गाइडलाइन में ढिलाई की मांग पर छठ व्रतियों से अपील की कि नदी तालाब और अन्य छठ घाटों में सोषल डिस्टेसिंग सैनिटाइजेषन और दो गज की दूरी का पालन करते हुए त्योहार को मनाये

रामगढ़ जिला अंतर्गत चितरपुर प्रखंड के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रल की सेविका और सहायिकाओं द्वारा लोगों के घर घर जाकर राशन का वितरण किया गया विश्व कैंसर एवं मधुमेह दिवस के अवसर पर आज से खूंटी जिले के सदर अस्पताल परिसर और विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रो में जांच शिविर का आयोजन किया गया